प्रवासियों में संक्रमण म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासियों के कारण प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के लिहाज से आने वाले दस दिन प्रदेश के लिये काफी च्नौती भरे होंगे नैनीताल जिले के काठगोदाम स्थित सर्किट हाऊस में कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान म्ख्यमंत्री ने यह बात कही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से कोरोना टेस्ट लैब बढ़ाने की मांग की गई है उन्होंने कहा कि प्रवासियों को लाने का फैसला राज्य सरकार का था और इसका आभास पहले से ही था कि प्रवासियों के आने से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा होगा उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिये से तैयार थी और सभी एहतियाती कदम भी उठा लिये थे म्ख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्थिति से निपटने में सक्षम और तैयार है म्ख्यमंत्री ने कोरोना वारियर्स की हौसलाअफजाई भी की इस दौरान म्ख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा प्रवासी आ च्के हैं

यह सभी लोग कोरोना संक्रमित थे लेकिन इनमें से तीन की मृत्यु अन्य कारणों से ह्ई है जबकि एक की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है

रविवार देर शाम को एक अधिसूचना जारी कर सरकार ने यह जानकारी दी सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के जिलों का दोबारा जोन निर्धारण किया जा रहा है

कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले नैनीताल में हैं

प्रदेश के सबसे बड़े देहरादून हवाई अड्डे पर आज दिल्ली म्म्बई और पन्त नगर से विमानों की आवाजाही हुई

सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गयी विमान से जाने वाले यात्रियों की भी थर्मल स्क्रीनिंग कर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश दिया गया जौलीग्रांट हवाई अड्डे के निदेशक डी के गौतम ने बताया की सोशल डिस्टेंस का प्रा ख्याल रखा जा रहा है फ्लाइटों का संचालन श्रू होने से जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने के लिये सभी इंतजाम किये हैं जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि फ्लाइट से आने वाले सभी लोगों को पेड क्वारंटाइन की स्विधा दी जाएगी

फ्लाइट से आने वाले लोगों की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है हर एक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही रैंडम सैंपलिंग भी की जाएगी कोरोना योद्वा सम्मान प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री अरविंद पाण्डेय ने आज पौड़ी जिले के अगरोड़ा में कोरोना योद्वाओं का सम्मान किया इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग राजस्व प्लिस आशा कार्यकर्तियों और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया सम्मान समारोह को संबोधित करते हए पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि कोरोना योद्वा अपनी जान को जोखिम में डालकर संक्रमण को रोकने और बीमारी से ग्रसित लोगों की सेवा कर रहे हैं इसलिए सबको इनके साथ सहयोग करना चाहिए उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वे गैर नहीं हैं और उनके साथ भैदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए उन्होंने प्रवासियों से क्वारंटीन की अवधि में घरों से बाहर न निकलने की अपील की धन सिंह रावत सहकारिता उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के जरिये स्वरोजगार को बढ़वा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत दस क्षेत्रों पर फोकस किया जायेगा इनमें द्ग्ध उत्पादन मत्स्य पालन भेड़ बकरी पालन कृषि और कृषि उत्पाद फूड प्रोसेसिंग कोल्ड चेन विपणन मॉडर्न बैंकिंग और सहकारी बैंक सहकारिता और होम स्टे शामिल है आज देहरादून में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखंड की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण परियोजना को तत्काल धरातल पर उतारने के निर्देश दिये ताकि अधिक से अधिक लोग इस महत्वकांक्षी परियोजना का लाभ उठा सके

टिहरी जिलाधिकारी टिहरी के नवनियुक्त जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने मुनि की रेती में होटल व्यवसायियों के साथ एक बैठक ली बैठक में जिलाधिकारी ने होटल व्यवसायियों को जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति से अवगत कराया और उनके होटलों और भवनों के अधिग्रहण करने के पीछे के कारणों की जानकारी दी जिलाधिकारी ने कहा कि यह मानवता को बचाने की पहल है जिसमें हर नागरिक का सहयोग जरूरी है ताकि संक्रमण को कम्य्निटी स्तर पर फैलने से रोक जा सके उन्होंने बताया कि अधिग्रहण किए जाने वाले होटलों के कक्षों का सरकार दवारा तय दरों के अनुसार भ्गतान किया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को अधिग्रहण किए गए होटलों में दो पीआरडी जवानों या स्वयं सेवकों की तैनाती करने के निर्देश दिये नेपाली नागरिक लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न प्रांतों से लौटे नेपाली नागरिकों को आज चंपावत जिला प्रशासन ने नेपाल सरकार के अधिकारियों से बातचीत के बाद नेपाल सीमा तक छोड़ा

पिछले कुछ दिनों से बनबसा में हजारों की संख्या में नेपाली नागरिक अपने देश जाने के लिए इकठ्ठा हए थे लेकिन नेपाल सरकार की ओर से सीमा सील होने के कारण वे अपने देश को लौट नहीं पा रहे थे

कोरोना वायरस के चलते राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ईद का त्योहार सादगी के साथ मनाया गया इस दौरान लोगों ने गले लगने की बजाय दिल पर हाथ रखकर एक द्सरे को ईद की मुबारकबाद दी लॉकडाउन के चलते लोगों ने खरीदारी नहीं की और घरों में ही नमाज अदा की

हरिदवार में भी सादगी से ईद का त्योहार मनाया गया

अन्य मस्जिदों में भी प्रशासन के आदेशों का पालन किया गया राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अवसर पर लोगों को ईद की बधाई दी है कांग्रेस के उपाध्यक्ष स्र्यकान्त धस्माना ने भी प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बधाई दी है

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि श्रीदेव स्मन महान स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष और बलिदान की प्रतिमूर्ति थे प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रीदेव सुमन की जयंती पर कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों के नाम गढ़वाली में पत्र लिखा